राज्य भर में पंचायत स्तर पर जारी है कोविड टीकाकरण अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दुहराया पूरी तरह से सुरक्षित हैं कोविड के टीके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

उन्होंने कहा कि झारखण्ड के अलग राज्य बन जाने के बाद भी यहाँ के आदिवासी दलित और अल्पसंख्यकों की शिक्षा में समुचित विकास नहीं हो पाया है मुख्यमंत्री आज रांची में आदिवासी दलित शिक्षा में चुनौतियां और संभावनाओं विषय पर आयोजित एक सेमिनार में बोल रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सभी लोगों के सहयोग से सरकार लंबे समय तक के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने की कार्य योजना बनाएगी श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में महिलाओं को एनीमिया और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है

लोकसभा में कल एक प्रक प्रश्न के उत्तर में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि हर टीका कडे वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दृष्प्रभाव सामने आए हैं डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की

इस क्रम में रांची से सांसद संजय सेठ ने आज काँके विधानसभा के बुढ़मू प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे टीकाकरण कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने टीका लेने आए ग्रामीणों से भी बातचीत की उधर पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज चौनपुर और रबदा समेत कई टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया इस दोरान उन्होंने टीका ले चुके आम लोगों को बधाई भी दी वहीं द्मका जिले में अब तक लगभग दस हजार लोगों ने कोरोना का टीका लगवा लिया है जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि जिले भर में आम लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिये हैं राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश दिये गये हैं

हालांकि विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ रही है

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है लोग अपने विचार नमो एप या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

मूल्य नियंत्रण प्रणाली के तहत दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी जाती है

इस पर जीएसटी और अन्य प्रभार अलग से देने होंगे इसी तरह अन्य उपयोगी दवाओं की भी अधिकतम कीमत तय की गई है एनपीपीए के इस फैसले से आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक दवाएं मिल सकेंगी

टीबी संबंधी शिखर सम्मेलन में वर्चअल माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी के संसाधनों पर बोझ और बड़ी चुनौती के मद्देनजर सभी संबधित पक्षों को एकजुट होकर इससे निपटने के प्रयास करने चाहिए उन्होंने कहा कि टीबी को खत्म करने की प्रतिबद्वता को मंजबूत करने के लिए जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए

प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों को इस तरह के उपाय करने को कहा गया था जिनसे प्रसन्नता और कल्याण को सार्वजनिक नीतियों में जगह मिल सके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के अवसर पर लोगों से सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और प्रसन्न रहने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि सकारात्मक दु ष्टिकोण आध्यात्मिक विचार स्वस्थ जीवन शैली और दूसरों की मदद करने की प्रवृति से प्रसन्न जीवन बनाया जा सकता है श्री नायड् ने स्कूलों से पाठ्यक्रम में प्रसन्नता का विषय शामिल करने की अपील की उन्होंने कहा कि यह बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा

पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने गोरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं

कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षो में गोरैयों की संख्या तेजी से घटी है इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है

वे भैयाजी जोशी का स्थान लेंगे बेंगलूरू में प्रतिनिधि सभा में आज यह चुनाव हुआ

आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जा रहा है सीरीज में दोनों टीमें दो दो की बराबरी पर हैं आज के मैच की विजेता टीम श्रृंखला पर कब्जा कर लेगी इधर टॉस जीतने के बाद इंगलैंड ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है ताजा समाचार मिलने तक भारत ने दो ओवर में बिना कोई विकेट खोये तेरह रन बना लिये हैं ट्वेंटी ट्वेंटी सीरीज के बाद तीन एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला पुणे में खेली जाएगी

भारत ने इस प्रतियोगिता में पुरूषों के एयर राइफल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता इस वर्ग में अमरीका दूसरे और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर रहा

पेशकार पांच हजार रुपये रिश्वत ले रहे थे

पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि यह उग्रवादी कोरोना की जांच कराने सदर अस्पताल आया हआ था

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ बाकी बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया

इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड और अंचल कार्यालय में किए जाने वाले कार्यों की जांच की और कर्मचारियों को आम जनता की शिकायतों को जल्द दूर करने का निर्देश दिया

इस अवसर पर मंत्री रामेश्वर उरांव आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख ने भाग लिया